प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्थिति का ले रहे हैं नियमित जायजा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा राज्य में इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी मरीज नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलावृष्टि और वर्षा से फसलों को हए नुकसान का आकलन कर तत्काल राहत पहंचाने के दिए निर्देश उच्चतम न्यायालय निर्भया मामले से सम्बंधित केन्द्र की याचिका पर तेईस मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले के चारो दोषियों को बीस मार्च को फांसी दिए जाने का नया वारंट जारी किया केन्द्र और राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर अधिक ध्यान दे रही हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्थिति व्यक्तिगत रूप से नियमित जायजा ले रहे हैं डॉ हर्षवर्धन ने कल सदन को बताया कि मंत्रियों के समूहों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति की समीक्षा कर रहा है समी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आमतौर से स्क्रीनिंग की जा रही है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस से ग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय यात्रियों और छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत ईरान के सम्पर्क में है उन्होंने कहा कि अब तक भारत में उन्तीस लोग इस रोग से पीड़ित हैं जिनमें केरल के तीन मामले भी शामिल हैं लेकिन अब इन तीनों का इलाज हो चुका है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है श्री हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और एन नाइन्टी फाइव मास्क का बफर स्टॉक रखा जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से कहा है कि वे इस वायरस से घबराए नहीं और आवश्यक साक्वानी बरतें एक संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है इसमें पैनिक होकर क्या करें ऐसा नहीं होना चाहिए छोटी छोटी प्रीक्काशंस लेने रो साक्षानी बरतने से आप इससे दूर रह सकते हैं इसके लिए पहला नियम साफ सुषरे रहें ज्यादा भीड़ में कम जाए तोगों से हाथ न मिलाते हुए नमस्कार करें और अगर सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी होता है तो तुरंत डाक्टर की सलाह लें

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वायरस से पीड़ित सात मरीज पाये गये थे जिनमें से छह आगरा के और एक व्यक्ति गाजियाबाद जिले का रहने वाला था और इन सभी व्यक्तियों का इस समय दिल्ली में इलाज चल रहा है उन्होंने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध एक सौ पचहत्तर व्यक्तियों के नमने जांच के लिये भेजे गये थे जिनमें से एक सौ सत्तावन लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है सात लोगों की रिपोर्ट पॉजटिव थी जिनका दिल्ली में इलाज चल रहा है और बचे हये ग्यारह लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार हवाई अड्डों और नेपाल सीमा से होने वाले आवागमन पर निगाह रख रही है और जांच कर रही है प्रदेश में सात हजार छह सौ चौरासी लोगों की हवाई अड्डों पर जांव की गई है इसके साथ ही सात मेडिकल कॉलेजों और विभिन्न अस्पतालों में आठ सौ बीस आइसोलेसन बेड तैयार किये गये हैं प्रेस वार्ता के दौरान संचारी रोग विभाग की निदेशक डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने लोगों से किसी भी किस्म की अफवाह से दूर रहने और अनावश्यक न घबराने की सलाह दी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कमार ने कहा कि देश में अब तक कोविड नाइन्टीन से कल तीस लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं उन्होंने कल नई दिल्ली में मेंडिया से कहा कि नया यात्रा परामर्श जारी किया गया है तथा इटली और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले यात्रियों के पास अपने देश के सक्षम स्वास्थ्य अधिकारियों से निगेटिव जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है कोविड नाइन्टीन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के चौबीसों घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष से शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छः पर संपर्क कर सकते हैं और एन सी ओ वी टू जीरो वन नाइन ऐट जी मेल डाट काम पर ईमेल भेज सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहंचाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा है पिछले तीन दिनों से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में तेज हवा बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के समाचार हैं कल सुवह फिरोजाबाद में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई प्रदेश के पश्चिमी अंचल के मुरादाबाद पीलीभीत बदायू हापुड और शामली समेत अन्य स्थानों पर कल दिन में बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की से तेज वर्षा हुई गोरखपुर बस्ती अयोध्या और आस पास के जिलों में भी कल रात हल्की बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से प्रदेश में वर्षा हो रही है विभाग ने अगले दो दिनों तक तेज हवा बारिश और कही कहीं ओलावृष्टि का अनुमान जताया है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले से उत्पन्न इस कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या किसी एक मामले में मृत्युदंड पाये कई दोषियों को अलग अलग फासी दी जा सकती है शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी गयी है जिसमें कहा गया था कि निर्मया मामले के सभी चार दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश हए सोलीटर जनरल तृषार मेहता ने पीठ को बताया कि इन दोषियों ने न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए अपनी सजा को टालने का हर उपाय किया है न्यायमूर्ति आर भानुमति न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका की अगली सुनवाई तेईस मार्च तय की है इससे पहले दिल्ली की एक सत्र अदालत ने चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह पवन गुप्ता विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को इस महीने की बीस तारीख को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दिये जाने का नया वारंट जारी किया है

सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में लोग हैशटैग आई डब्ल्यू डी दो हजार बीस और हैशटैग बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ पर रोचक और उत्साहपूर्ण कहानियां साझा कर रहे हैं प्रदेश में प्रेरणा कैंदीन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तीकरण का बड़ा जरिया साबित हो रही हैं सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इन कैंटीन का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कार्यालयों के परिसर में खुलने वाली इन कैंटीन में चाय पकौड़ों से लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद की बिक्री की जाती है एक रिपोर्ट अब तक प्रदेश के कई जनपदों में प्रेरणा कॅटीन का शुभारंभ हो चुका है पिछले महीने बलरामपुर जिले में विकास भवन में भी ऐसी ही एक प्रेरणा कॅटीन की शुरूआत हुई इस कॅटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाए मितकर करती हैं कॅटीन की सदस्या मंजू गुप्ता ने बताया

प्रेरणा कॅटीन के जरिए न केवल महिलाओं को आमदनी का जरिया मिला है बल्कि वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं

हम यहां काम करते हैं विकास भवन के लोग और बाहर के लोग भी कॅटीन में आते हैं प्रेरणा कॅटीन जैसे प्रयास महिताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं बलरामपुर से रामकुमार मिश्र के साथ आदित्य शुक्ला आकाशवाणी समाचार गोरखपुर पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा कल लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में महिला सशक्तीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलायें मौजूद रहीं कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये वक्ताओं ने कहा कि महिलायें समाज के हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रही हैं समाज को महिलाओं की क्षमता को लेकर अपनी सोच बदलने की जरूरत है इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक आरपीसरोज ने कहा कि दो हजार चौदह के बाद महिलाओं की दशा में काफी बदलाव आया है